मुरैना से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जबलपुर से राकेश सिंह बनाये गये प्रत्याशी

भोपाल से दिग्विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव

पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को ग्वालियर की बजाय मुरैना से टिकट दिया गया है वहीं राकेश सिंह जबलपुर और जनार्दन मिश्रा रीवा से उम्मीदवार बनाए गए हैं पार्टी ने टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक दमोह से प्रहलाद पटेल होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह सतना से गणेश सिंह सीधी से रीति पाठक पर फिर भरोसा जताया है वहीं भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का टिकट काटकर संध्या राय को उम्मीदवार बनाया है पिछले दिनों कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हिमाद्री सिंह को शहडोल से प्रत्याशी बनाया गया है वहीं मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में होंगे इस सूची में खंडवा से नंदकुमार सिंह चौहान और मंदसौर से सुधीर गुप्ता को टिकट दिया गया है वहीं उज्जैन से मौजूदा सांसद चिंतामणि मालवीय की जगह अनिल फिरोजिया पर भरोसा जताया है बैतूल से दुर्गेश उइके उम्मीदवार होंगे इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सुरेश कश्यप शिमला से और किशन कपूर कांगड़ा से चुनाव लड़ेंगे झारखण्ड् में केन्द्रीय मंत्री जयंत सिन्हा हजारीबाग से और सांसद निशिकांत दुबे गोड़डा से चुनाव मैदान में होंगे कांग्रेस सूची कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी कर दी है

पार्टी ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से उम्मीदवार बनाया है वहीं टीकमगढ़ से किरण अहिरवार खजुराहो से कविता सिंह शहडोल से प्रमिला सिंह बालाघाट से माधोभगत होशंगाबाद से शैलेंद्र दीवान मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन रतलाम से कांतिलाल भूरिया और बैतूल से रामू टेकाम को प्रत्याशी घोषित किया है पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य की नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से टिकट दिया है इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण एक बार फिर से नांदेड़ से चुनाव लड़ेंगे वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली को कर्नाटक की चिकबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्य की गुलबर्गा सीट से फिर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस ने उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेता बी सी खंड्री के बेटे मनीष को गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट दिया है चुनाव निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं श्री कांताराव ने कल जबलपुर में जबलपुर रीवा और शहडोल सम्भाग में लोकसभा चुनाव के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने चुनाव में धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए जिलों में गठित एफएसटी और एसएसटी दलों को और ज्यादा सक्रिय करने की जरूरत बताई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलों में किये जा रहे सुरक्षा इंतजामों की जानकारी भी ली यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल र्पज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हें

आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है

आयोग ने कहा है कि इस परामर्श में किसी भी तरह का मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लेषण कोई दृश्य और साउंड बाइट शामिल हैं मतदाता जागरुकता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांता राव ने कल जबलपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत बेटन रिले का शुभारंभ किया श्री कांताराव ने मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से जबलपुर जिले में किये जा रहे इस अभिनव पहल की सराहना की

बेटन रिले के माध्यम से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मताधिकार के प्रति प्रेरित किया जायेगा रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले मे भी इन दिनों स्वीप प्लान के तहत लगातार जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं आगर मालवा में कल चुनावी पाठशाला के जरिये मतदाताओं को जागरुक किया गया खण्डवा जिले के पंधाना में बोरगांव हाट बाजार में वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया इस दौरान खरीदारी के लिए आये ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की गई नीमच जिले में भी गांव गांव में ईवीएम और वीवी पैट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है क्षय दिवस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीबी मुक्त भारत के निर्माण के लिये सभी से एक साथ आने का आग्रह किया है विश्व टीबी दिवस की पूर्व संध्या पर कल श्री कोविंद ने अपने संदेश में लोगों से अपील की कि वे टीबी मुक्त भारत बनाने में मदद करें

विश्व क्षय दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी आज कई जागरुकता कार्यक्रम और गोष्ठियों का आयोजन किया गया है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट के पहले मुकाबले में कल रात वर्तमान विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चेलेंजर्स बैंगलुरु को सात विकेट से हरा दिया

आज कोलकाता में शाम चार बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से जबकि मुम्बाई में रात आठ बजे से दिल्ली का सामना मुंबई इंडियंस के साथ होगा अजलान शाह हॉकी मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत दूसरे राउंड रॉबिन मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा

इसके तहत पहले ऑनलाइन करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी

मुरैना से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जबलपुर से राकेश सिंह बनाये गये प्रत्याशी

भोपाल से दिग्विजय सिंह लड़ेंगे चुनाव